उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में गरीबी कम करने के लिये कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है वहीं भाजपा सरकार हर वर्ग समुदाय के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है उन्होंने आगरमालवा जिले के किसानों के लिये पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था करने की घोषणा की

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल की पहल पर राजभवन को सुबह ग्यारह बजे से रात के ग्यारह बजे तक जनता के लिए खोला गया है हालांकि आम लोग शाम सात बजे से ही जा पायेंगे जबकि स्कूली बच्चों के लिये राजभवनर दिनभर खुला रहेगा मध्य प्रदेश के राजभवन का अपना ऐतिहासिक महत्व है भोपाल की तत्कालीन बेगम सुल्तान शाहजहां ने अठारह सौ अस्सी में अंग्रेज अधिकारियों के रहने के लिए राजभवन का निर्माण कराया था एक भारत श्रेष्ठ भारत ग्वालियर में एक भारतः श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सहित मणिपुर और नागालैंड की संस्कृति को समाहित किये एक लघु वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया इसमें तीनों राज्यों की संस्कृति रीति रिवाज रहन सहन खान पान और प्रमुख पर्यटन स्थलों का सुंदर चित्रण देखने को मिला कार्यक्रम में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केन्द्र नईदिल्ली के कलाकारों और मध्यप्रदेश के लोक नृत्य एवं संस्थान के छात्रों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शको को मंत्रमुग्घ कर दिया

उज्जैन में हजारो श्रदालुओं ने क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाकर विभिन्न मंदिरों में दर्शन किये इस मौके पर पित्रों की स्मृति में पौधे लगाने के महत्व को देखते हुए पौधरोपण किया गया राजधानी भोपाल के शनि मंदिरों में खासतौर पर विशेष पूजाअर्चना की जा रही है मुरैना जिले के ग्राम ऐती के प्राचीन शिव मंदिर पर देर रात से शनि मेला शुरू हो गया जहां बड़ी संख्या में प्रदेश से बाहर के श्रद्वालु भी पहुँचे हैं वहीं आगरमालवा जिले में श्री बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिये श्रद्वालु पहुंच रहे है भक्त बाणगंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे है

सतना में इस अवसर पर भक्त मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे है वहीं अन्य जिलों में भी इस अवसर पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे है